आज राज्यसभा में बजट पर हई चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित विभिन्न उपायों का ब्यारा दिया वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में जो व्यापक दृश्य प्रस्तुत किया गया है वह राजकोषीय सुदृढता से समझौता किये बिना निवेश में वृद्धि को योजना पर आधारित है उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है वित्तमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा उठाये गये कदमों पर प्रकाश डाला और कहा कि कृषि पर एनडीए सरकार का ध्यान किसी एक योजना पर आधारित नहीं है बल्कि समूचे क्षेत्र में सधार लाने पर केन्द्रित है

सीतारमन ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सरकार के वचन को दोहराया विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के आकलन से संबंधित विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि बजट में जो भी अनुमान लगाया गया है वह यथार्थ पर आधारित है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों महिलाओं मनरेगा और आवास पर धनराशि के आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई ह बल्कि इसे बढ़ाया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि महंगाई नियंत्रण में है और बैंको के फंसे हुए ऋण एनपीए के मामले व्यापक रूप से निपटाये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने निवास पर जलपान के दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों से मुलाकात की पार्टी सांसदों से मुलाकात का यह पांचवा सिलसिला है पार्टी सांसदों को सात समूहों में विभाजित किया गया है और प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पार्टी सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं उन सांसदों से भी वे मिल चुके हैं जो कभी मंत्री रह चुके हैं हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इस बैठक का उद्देश्य दोनों सदनों के भाजपा सांसदों को प्रधानमंत्री के साथ सीधी मुलाकात का अवसर प्रदान किया जाना और विभिन्न मुद्दों विशेषकर संसदीय मामलों में प्रधानमंत्रो से दिशा निर्देश प्राप्त करना है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यातायात मानकों को अपना कर इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक करने की आवश्यकता बतायी

मुख्यमंत्री ने वाहनों की फिटनेस के साथ प्रत्येक वाहन चालक की मेडिकल फिटनेस की जांच नियमित रूप से कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जागरूकता के लिए हर तीन महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाये उन्होंने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल आपूर्ति न करने के लिए कहा श्री योगी ने रात्रिकालीन चार सौ किलोमीटर से अधिक की दूरी वाली बसों में दो वाहन चालक रखना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गो पर प्रत्येक पन्द्रह किलोमीटर पर रम्बल स्ट्रिप्स लगाने के भी निदेश दिये उन्होंने चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट व्यवस्था का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये प्रदेश की विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े बैंक वसूली मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं वैवाहिक वादों श्रम वादों भूमि अधिग्रहण वादों विद्युत एवं जल बिल विवाद आदि से संबंधित वादों का कल विभिन्न लोक अदालतों के माध्यम से निपटारा किया जायेगा कौशाम्बी जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश महफूज अली ने बताया कि कल राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं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

प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है कई क्षेत्रों में जल भराव होने के कारण लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कई स्थानों पर मकानों के धसने और पेड़ों बिजली के खम्मों और तारों के टूटने से भारी नुकसान हुआ है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट पिछले कई दिनों से लगातार बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है गोरखपुर सीतापुर कुशीनगर बस्ती वाराणसी चंदौली और राजधानी लखनऊ में हो रही बारिश ने लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर असर डाला है कई जिलों में स्कूलों को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस समय कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में दैवीय आपदा की घटनाओं में चौदह लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की राहत राशि तत्काल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहपुर सीतापुर प्रतापगढ हरदोई जानपुर कानपुर देहात कन्नौज और बाराबंकी मे सर्पदंश और अति वृष्टिजनित के कारणों से ये मौतें हुई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर के देवबंद में एक सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है

गौरतलब है कि कल सहारनपुर मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय मार्ग पर देवबंद में एक लोडर वाहन और एक कार की टक्कर के बाद लोडर वाहन पलट गया जिससे आठ लोगों की मौत हो गयी और बाइस अन्य घायल हो गये मृतकों में सात महिलायें और एक पुरूष शामिल है

अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सदन को आश्वासन दिया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा

यानि अंदाजन छह सौ किलोमीटर हर साल हमने क्या किया हमने सिर्फ पांच वर्षो में तेरह हजार छह सौ सत्तासी किलोमीटर यानि साढ़े चार गुणा विद्युतीकरण हमने सिर्फ पांच वर्ष में करके दिखाया हमने इस वक्त